सांची दूध दामवृद्धि भोपाल दुग्ध संघ ने सांची दूध के दाम दो रुपए लीटर तक बढ़ा दिए हैं और बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू हों गई हैं जिन पैकेट पर पुरानी दरें छपी हुई हैं वे दरें रद्द मानी जाएंगी और नई कीमत ही उपभोक्ताओं से ली जाएगी इस संबंध में दुग्ध संघ ने कल आदेश जारी कर दिये थे

महाअष्टमी आज महाअष्टमी पर्व है इस मौके पर राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में विभिन्न धार्मिक आयोजन किये जा रहे है आगर मालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां महागौरी के रूप में कुलदेवी की पूजा अर्चना पूरी श्रद्वा और आस्था के साथ की जा रही है जिले के नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध पीताम्बरा सिद्धपीठ मां बगुलामुखी मंदिर में भी बडी संख्या में देश के विभिन्न प्रांतों से आए श्रद्वालु और भक्तजन दर्शन लाभ ले रहे है आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर चुनरी यात्राओं का भी आयोजन हो रहा है

घायलों को महाराष्ट्र के नागपुर ले जाया गया है

घायलों में दो को गंभीर हालत में ग्वालियर ले जाया गया है वन हमला मुरैना जिले में पुलिस और वन विभाग की टीम पर हमले का प्रयास किये जाने की एक बडी घटना सामने आयी है जिले के बडोखर ग्राम के समीप लगने वाली रेत की अवैध मंडी पर कल एक डिप्टी रेंजर के नेतृत्व में वन विभाग के चार वाहन और विशेष सशस्त्र बल एसएएफ जवानों का एक वाहन कार्रवाई करने जा रहा था तभी ओवर ब्रिज पर सामने से आ रहे अवैध रेत से भरे दो ट्रेक्टर ट्रालियों के चालकों ने उन वाहनों में सीधी टक्कर मार दी जिससे कार्रवाही दल के दो वाहन क्षतिग्रस्त हो गये हालांकि दोनों वाहनों में बैठे पुलिस और वन कर्मचारियों को इस हादसे में कोई नुकसान नहीं पहुंचा है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

आज शाम सात बजकर दस मिनट प्रसारित होने वाले हमारे बुलेटिन में आप जानेंगें डिंडोरी जिले के एक ऐसे अनूठे स्कूल के बारे में जो ट्रेन की तरह दिखाई दिया करता है

वहीं भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को मैन आफ द मैच घोषित किया है

पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र सिंह बघेल ने बताया कि राजस्व मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत से चर्चा के उपरांत हड़ताल वापस ली गयी है

आज स्वास्थ्य अमला ने ग्राम शोभापुर पहुंच कर संभावित मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया